आज देर रात चन्द्रयान दो का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रव पर उतरेगा ऐसा पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रक्षेपण यान चांद की सतह पर उतरेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लैंडर विक्रम को चांद की कक्षा से निकालकर चांद की सतह पर सहजता से उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है ये महत्वपूर्ण और सबसे जटिल प्रक्रिया आज देर रात एक से दो बजे के बीच की जाएगी इसरो के अध्यक्ष डॉ के सिवन के अनुसार प्रक्रिया शुरू होने पर लैंडर विक्रम को चांद के दक्षिण ध्र्व पर उतरने में केवल पन्द्रह मिनट का समय लगने की उम्मीद है

अब तक हमने जितने आपरेशन किए हैं वह आर्बिटर पर किए है इसरो इस प्रक्रिया को पहली बार करने जा रहा है वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर को चांद की सतह पर उतारने में उसकी गति धीमी करने और उसे संतुलित करने के लिए पांच थ्रस्टर लगाए गए हैं उतरने के लगभग चार घंटे बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अलग होगा रोवर चांद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मेजेगा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस दौरान मानवीय नियंत्रण सही नहीं रह सकता क्योंकि धरती पर स्टेशन और चंद्रयान के संदेश भेजने के समय में अंतर रहेगा इसरो के बेंगलुरू में टेलीमेट्री ट्रेकिंग और कमांड नेटवर्क के उपग्रह नियंत्रण केंद्र में वैज्ञानिक चंद्रयान दो के चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया पर सक्रियता से काम कर रहे हैं लैंडर विक्रम अभी चांद की अपेक्षित कक्षा में है अपने परीक्षणों के बल पर वैज्ञानिक और इंजीनियर आत्मविश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहे हैं वे पूरी तरह आश्वस्त हैं और चंद्रयान दो को चांद के दक्षिणी ध्रव पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं

सुधींद्रा आकाशवाणी समाचार नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात बेंगलुरू पहंचेंगे और इन गौरवशाली पलों के साक्षी बनेंगे उनके साथ देशभर के हाई स्कूल के लगभग सत्तर विद्यार्थी होंगे जिनका चयन चंद्र मिशन के बारे में राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता से किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा है कि चंद्रयान दो मिशन भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और दृढ़ता की भावना को प्रदर्शित करता है और इसकी सफलता से करोड़ों भारतवासियों को फायदा होगा ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में इस अदभुत क्षण को देखने के लिए वे बेंगलूरू में इसरो के केंद्र जाने के लिए बेहद उत्साहित हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से चंद्रयान दो के चांद के दक्षिणी ध्रव पर उतरने के खास लम्हों को देखने का अनुरोध किया उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी डालने को कहा जिसमें से क्ड को वे रिटवीट करेंगे उधर गोरखपुर देवरिया बस्ती सिद्वार्थनगर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी चन्द्रयान दो के चन्द्रमा पर पहुंचने को लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधन और प्रशासन ने अपने विद्यार्थियों को चन्द्रयान दो के विषय में विस्तार से जानकारी दी और इससे होने वाले फायर्दे के प्रति जागरूक किया प्रदेश भर के लोग इस अभियान की सफलता की कामना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस की अपनी सफल यात्रा के बाद आज प्रातः स्वदेश लौट आए इस दौरान दोनों देशों ने अपने सम्बंघों को नई ऊॅचाई देते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए भारत ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए एक अरब अमरीकी डालर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किये जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकोनिक स्थान पुरस्कार दिया गया श्राइन बोर्ड को स्वच्छता में समग्र सुधार के आधार पर चुना गया रेल मंत्रालय को स्वच्छ महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र और राज्य की सरकारें बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के विकास के लिये कार्य कर रही है श्री योगी आज सहारनपुर के गंगोह में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है साथ ही व्यापारियों किसानों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रदेश का माहौल भय मुक्त बनाया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साढ़े चार सौ करोड़ रूपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया